सत्र के पहले दिन पिछले सत्र के बाद देहावसान कर गये राजनीतिज्ञों स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों और कोरोना योदधाओं को श्रदधाजंलि दी गई हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा विधानसभा में सदन को सम्बोधित करते हये कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुणा करने की दिशा में कई निर्णायक कदम उठाये है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की ग्णवत्ता में स्धार लाने पर ज़ोर दिया है

हरियाणा के राज्यपाल ने कहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत भूमिगत जल को रिचार्ज करने हेत् एक हजार बोरवेल के निर्माण को मंजूरी दी गई है

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज बाद दोपहर श्रू हो गया सदन में आज पिछले सत्र के बाद देहावसान कर गये राजनीतिज्ञों स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों और कोरोना योद्धाओं को श्रद्धाजंति दी गई आज जिन्हें श्रद्धाजंलि दी गई उनमें प्ड्चेरी की पूर्व उप राज्यपाल श्रीमती चंद्रावती हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन पूर्व सांसद रामजी लाल पूर्व विधायक चौधरी बलबीर सिंह पूर्व विधायक स्वामी भगवान देव परमहंस पदम भूषण से सम्मानित श्री दर्शन लाल जैन और राजनीतिज्ञों के सगे संबधी शामिल है विधानसभा में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान चमोली जिले में ग्लेशियर पिघलने से जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धाजंति दी गई हरियणा के मुख्यमंत्री दवारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव का सभी ने अन्मोदन किया और शोक प्रस्ताव पारित कर दिया गया दिवंगत आत्माओं के सम्मान मे दो मिनट का मौन भी रख गया हरियाणा के राज्पाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार दवारा किये गये प्रयासों की सराहना करते हये कहा कि मानव जाति ने कभी भी ऐसी अभूतपर्व एकजूटता नहीं दिखाई जितनी इस संकट काल में दिखाई है

राज्यपाल आज विधानसभा अधिवेशन के पहले दिन सदन को सम्बोधित कर रहे थे

सरकार ने फसल विविधिकरण के तहत मक्का कपास बाजरा दालों फलों व सब्जियों जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरूआत की है

श्री सत्यदेव नारायाण आर्य आज बजट सत्र के पहले दिन सदन को सम्बोधित कर रहे थे